कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ईवीएम की गणना और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के संबंध में आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा उत्साहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से किया खारिज पानी से जुडे मामले में जवाब नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर लगाया पचास हजार रूपये का हर्जाना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शीर्ष नेता गुरूवार को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले आज रात्रिभोज पर मिलेंगे यह बैठक नई दिल्ली में होगी जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के नेता आम चुनावों के संभावित परिणामों पर रणनीति तैयार करेंगे बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी पार्टी मुख्यालय में होगी दोनों बैठकें एग्जिट पोल की पृष्ठभूमि में हो रही हैं मतदान बाद इन सर्वेक्षणों में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए नेताओं ने स्पष्ट बहमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है दूसरी तरफ विपक्षी नेता खडित जनादेश की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हुए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ईवीएम की गणना और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे इन दलों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पांच वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम की गणना से किया जाना चाहिये एग्जिट पोल पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा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

भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल प्रदेश पदाधिकारियों विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी उपस्थित रहे

इससे भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है

ऐसे में जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल सही हो मीडिया से बातचीत में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईवीएम में टेम्परिंग की आशंका भी व्यक्त की है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हो चुका था कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है इसीलिये तो वीवीपैट आया है चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण की गिरफ्तारी के विरोध में जिले में भाजपा द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया है

पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहीदी दिवस पर उन्हें याद कर रहा है प्रदेश में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की जा रही है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और प्रष्पजंलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

न्यायालय ने सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और अधिकारियों को परवाह ही नहीं है

हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने कल स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिये झालावाड में पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निवारण के लिये चलाया गया पांच दिवसीय अभियान कल सम्पन्न हो गया सप्त शक्ति कमांड की प्रथम नागा रेजीमेंट द्वास की ओर से चलाये गये इस अभियान में पूर्व सैनिकों द्वारा बताई गई समस्या के प्रार्थना पत्रों का संकलन किया गया उनकी समस्याओं को सुना गया और समाधान करने का भरोसा दिलाया गया प्रदेश में अगले एक दो दिन मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है

राज्यस्तरीय दृष्टिबाधित किकेट प्रतियोगिता में अजमेर ग्रीन ने खिताब जीत लिया है

जयपुर में कल से शुरू हुई राज्यस्तरीय सब जुनियर तैराकी प्रतियोगिता में कल पहले दिन जयपुर के तैराकों का दबदबा रहा

ये दोनो ही जयपुर के तैराक है